देश के आठ करोड परिवारों के घरों में शोचालय पहुंचाकर माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया देश के ढाई करोड लोगों के धर में बिजली पहुंचाई है मोदी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिये आयुष्मान योजना शुरू की है

यूपीए सरकार की तुलना में राज्य को चार गुना ज्यादा पैसा भाजपा सरकार ने दिया है मोदी सरकार में भारत माता के टुकडे करने की बात करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्ध सहित भाजपा के अन्य नेताओं की मौजूदगी में जारी आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने किसानों और अन्य वर्गों के साथ बीते पौने चार माह में वादा खिलाफी की है राज्य में बिजली की समस्या शुरू हो गई है सरकार तबादला उद्योग में व्यस्त है जनता की समस्याएं और कानून व्यवस्था किसी से छूपी नहीं है वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोप पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है

इस आरोप पत्र में एक भी आरोप सच नहीं हैं सब झूठ है

फोनी ओडिशा के तटवर्ती जिलों में व्यापक तबाही के बाद चक्रवात फोनी ने पश्चिम बंगाल के खड़गप्र में दस्तक दी है नब्बे किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चक्रवात उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है इसके आज शाम साठ से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बंगलादेश तट से टकराने की आशंका है फोनी कल सुबह लगभग आठ बजे ओडिशा के पुरी तट पर पहुंचा और कई घंटे तक बना रहा इसके असर से भारी बारिश हई पेड़ उखड़ गए और राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई

उधर हावड़ा चेन्नई मार्ग पर दो सौ बीस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया मध्य प्रदेष में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है सतना जिले में तेज हवा के साथ ओले गिरे और बारिष हई प्रदेष के आज होशंगाबाद बैतूल छिंदवाड़ा रायसेन नरसिंहपुर सागर छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना दमोह सतना रीवा सिंगरौली शहडोल उमरिया कटनी जबलपुर सिवनी मंडला और बालाघाट में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना है

उज्जैन होषंगाबाद चित्रकूट आदि स्थानों पर हजारों की संख्या में श्रद्वालु पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं